केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि यह दुष्प्रचार किया जा रहा है कि यह नागरिकता संशोधन विधेयक एक समुदाय विशेष के खिलाफ है जो सच नहीं है श्री शाह ने राज्यसभा में नागरिकता संशोधन विधेयक पर हुई चर्चा के बाद सरकार की तरफ से जवाब देते हुए कहा कि यह विधेयक मुसलमानों के खिलाफ नहीं है उन्होंने कहा कि देश के नागरिक के रूप में मुसलमानों को प्राप्त अधिकार उन्हें मिलते रहेंगे श्री शाह ने मुसलमान समुदाय को आश्वस्त किया कि उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है और इस विधेयक में कुछ भी उनके खिलाफ नहीं है साउंड बाईट मान्यवर मैं पूछना चाहता हूं जो इस देश के मुसलमान हैं इसके लिए इस देश के अंदर कोई चर्चा का कोई चिंता का सवाल ही नहीं है वो नागरिक है रहेंगे उनको कोई प्रताड़ित नहीं करेगा गृहमंत्री ने पूर्वोत्तर राज्यों के लोगों की आशंकाएं दूर करते हुए कहा कि इससे उनके हितों पर कोई विपरीत असर नहीं पड़ेगा उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार पूर्वोत्तर के लोगों की सांस्कृतिक सामाजिक और भाषायी पहचान बनाये रखने के लिए प्रतिबद्ध है साउंड बाईट तीनों पड़ोसी देश इनके धार्मिक अल्पसंख्यकों को संरक्षण देकर इनको नागरिक बनाने की प्रक्रिया का अमेंडमेंट लेकर आए और पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं उनके अधिकारों को उनकी भाषा को उनकी संस्कृति को और उनके सामाजिक पहचान को संरक्षित करने के लिए भी इसके अंदर हम चिंता करते हुए प्रावधान लेकर आए गृहमंत्री ने कहा कि इस कानून से पड़ोसी देशों पाकिस्तान अफगानिस्तान और बांग्लादेश में धार्मिक उत्पीड़न झेल रहे लोगों के जीवन में रोशनी आयेगी श्री शाह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणापत्र में कहा था कि पार्टी धार्मिक उत्पीड़न झेल रहे भारत में रहने वाले लोगों के साथ न्याय करेगी और उन्हीं की मुश्किलों को कम करने के लिए यह कानून बनाया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने नागरिकता संशोधन विधेयक को ऐतिहासिक बताते हुए कहा है कि इससे पड़ोसी देशों के अल्पसंख्यकों को धार्मिक उत्पीड़न से मुक्ति मिल जायेगी उन्होंने कहा कि यह कानून बनने से उन लोगों के जीवन में अस्थिरता खत्म हो जायेगी जो भारत में रह रहे हैं लेकिन उन्हें नागरिकता का अधिकार और अन्य सुविधाएं हासिल नहीं हो पाती आज नई दिल्ली में भाजपा संसदीय दल की बैठक के बाद संसदीय कार्यमंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि यह कानून इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज किया जायेगा

एक तरह अस्थिर का जीवन उन्होंने जी रहे थे उनके लिए ये स्वर्ण अक्षर में लिखने का एक बहुत बड़ा निर्णय है

कांग्रेस के आनंद शर्मा ने सदन में विधेयक पर चर्चा शुरू करते हुए आरोप लगाया कि यह विधेयक संविधान की मूल संरचना के खिलाफ है उन्होंने कहा कि नागरिकता देने के लिए संविधान में जब भी संशोधन किये गये धर्म को कभी भी आधार नहीं बनाया गया

मैं इससे सहमत नहीं हूं ना मेरा दल जल्दबाजी क्यों पार्लियामेंट की कमेटी को भेजते अगले सत्र में इसको लेकर आते हम इसका विरोध करते है विरोध के कारण राजनैतिक नहीं संवैधानिक हैं नैतिक है राज्य में विपक्षी दल राजद कांग्रेस हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा और जन अधिकार पार्टी ने नागरिकता संशोधन विधेयक के विरोध में धरना प्रदर्शन किया राजद ने पटना में जेपी मूर्ति के पास धरना दिया विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव समेत पार्टी के कई नेता धरने में शामिल हुए वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मदन मोहन झा के नेतृत्व में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने गांधी मैदान स्थित गांधी मूर्ति से कारगिल चौराहे तक प्रतिरोध मार्च निकाला राज्य सभा में प्रस्तुत नागरिकता संशोधन विधेयक के प्रावधानों के बारे में बता रहे हैं हमारे संवाददाता

संविधान की छठी अनुसूची में शामिल असम मेघालय मिजोरम त्रिपुरा के क्षेत्रों और इनर लाइन परमिट वाले क्षेत्रों अरुणाचल प्रदेश नागालैंड और मिजोरम में यह नागरिकता संशोधन विधेयक लागू नहीं होगा सरकार ने कहा है कि घुसपैठियों और शरणार्थियों के बीच अंतर करने की आवश्यकता है नागरिकता संशोधन विधेयक किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है और किसी के अधिकारों को नहीं छीनता है दिवाकर की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं रवि कपूर राज्यसभा में विधेयक पर चर्चा अभी जारी है मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन शोषण मामले में मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर सहित सभी इक्कीस आरोपियों के खिलाफ कल सजा सुनाये जाने की संभावना है इन सभी को दिल्ली की साकेत रिथित पॉक्सो अदालत ने दुष्कर्म और आपराधिक साजिश का दोषी ठहराया है केन्द्र सरकार ने कहा है कि कर्मचारी चयन आयोग ने इस वर्ष और अगले वर्ष लगभग एक लाख से अधिक पदों को भरने के लिए चयन प्रक्रिया शुरू कर दी है

राज्यपाल फागु चौहान ने कहा है कि बेटियों के बेहतर प्रदर्शन में अच्छे सामाजिक बदलाव के साथ ही नारी सशक्तीकरण का भाव शामिल है उन्होंने कहा कि यह बदलाव हमारे देश और समाज को सही अर्थो में विकसित बनाता है श्री चौहान आज पटना में नालंदा खुला विश्वविद्यालय के चौदहवें दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे इस अवसर पर विभिन्न संकायों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले सताईस छात्र छात्राओं को स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में पैक्सों के चुनाव के लिये आज मतदान सम्पन्न हो गया जमुई जिले के झाझा थाना अंतर्गत छापा गांव में मतदान के दौरान दो पक्षों के बीच झड़प में पथराव और गोलीबारी की घटना के बाद भगदड़ मच गयी हंगामे के कारण करीब एक घंटे तक मतदान कार्य बाधित रहा कई स्थानों पर मतगणना का काम शुरू कर दिया गया है जबकि कई जगहों पर मतगणना कल होगी वहीं पटना जिले के खुसरूपुर दनियावां फतुहा मनेर समेत नौ प्रखंडों में तेरह दिसम्बर को पैक्स का चुनाव कराया जायेगा राजधानी पटना समेत राज्य के अधिकांश भागों में पछ्आ हवा का प्रभाव कम होने के कारण न्यूनतम तापमान में वृद्धि दर्ज की गयी है जिससे ठंड में कमी आयी है गया राज्य का सबसे ठंडा स्थान रहा जहां का न्यूनतम तापमान ग्यारह डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि अगले अड़तालीस घंटों में तापमान में एक से दो डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की संभावना है विभाग ने पटना गया भागलपुर पूर्णिया समेत प्रदेश के अधिकतर क्षेत्रों में आकाश साफ रहने का अनुमान व्यक्त किया है उत्तर पूर्व रेलवे ने ठंड बढ़ने और कोहरे के कारण समस्तीपूर मंडल से होकर गुजरने वाली कई ट्रेनों को डेढ़ महीने तक रद्द कर दिया है कुछ ट्रेनों के मार्ग में परिवर्तन किया गया है समस्तीपुर मंडल के सीनियर डीसीएम सह पीआरओ वीरेन्द्र कुमार ने बताया कि बनमनखी से अमृतसर जनसेवा एक्सप्रेस अमृतसर से बनमनखी आने वाली जनसेवा एक्सप्रेस और चंपारण हमसफर एक्सप्रेस सोलह दिसंबर से अगले वर्ष इकतीस जनवरी तक रद्द रहेगी सहरसा होकर कटिहार से दिल्ली जाने वाली हमसफर एक्सप्रेस भी रद्द रहेगी नालंदा जिले के एकंगरसराय थाना क्षेत्र अंतर्गत एक पेट्रोल पंप के पास एक निजी कंपनी के कर्मचारी से अपराधियों ने डेढ़ लाख रूपये लूट लिये पुलिस उपाधीक्षक ने बताया कि मामला संदिग्ध है और इसकी जांच की जा रही है शेखपूरा जिले के बरबीघा थाना क्षेत्र अंतर्गत महावीर चौक के पास पूलिस ने छापेमारी कर एक मकान से आठ कार्टन अंग्रेजी शराब बरामद की है इस मामले में दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है इधर बरबीघा पुलिस ने एक कुख्यात अपराधी को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है मुजफ्फरपुर स्थित खुदीराम बोस केन्द्रीय कारा में बंद विचाराधीन कैदी सईदुल रहमान उर्फ बब्बू की हृदय गति रूक जाने के कारण मौत हो गयी पटना की एक विशेष अदालत ने जेल में बंद मोकामा से निर्दलीय विधायक अनंत सिंह को बिहार पर्यटन उद्योग विभाग की कल होने वाली समीक्षा बैठक में भाग लेने की अनुमति दे दी है